कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि दोनों विधेयक ऐतिहासिक हैं और इससे किसानों की जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के प्रावधानों के अनुसार किसान कहीं भी अपनी फसलों की बिक्री कर सकेंगे और उनको मनचाही कीमत पर फसल बेचने की आजादी होगी उन्होंने कहा कि इसमें किसानों को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान भी किये गये हैं वहीं दूसरी ओर कांग्रेस वामपंथी दलों तुणमूल कांग्रेस और कृछ अन्य सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ये विधेयक सोच समझकर नहीं बनाए गये हैं और उनकी पार्टी इन्हें खारिज करती है उन्होंने कहा कि ये किसानों के हितों के खिलाफ है श्री बाजवा ने ये भी कहा कि कृषि राज्यों का विषय है और केन्द्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है केन्द्र सरकार ने राज्यों में कृषि मंत्रालय की पराली प्रबंधन की मौजूदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालू वर्ष में फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले किसानों को नई मशीनें उपलब्ध करा दी जायें कृषि मंत्रालय को इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी श्री चौबे ने कहा कि टीका उपलब्ध हो जाने पर इसके वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक टीका निगरानी नेटवर्क इंटरनेट आधारित डिजिटल प्रणाली है जिससे टीकाकरण टीकों के भंडार और भंडारण तापमान पर नजर रखी जा सकेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया

वहीं मृत्युदर एक दशमलव एक छह प्रतिशत हो गई है

श्रीगंगानगर में आज सुबह फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने दौड को रवाना करते हुए कहा कि कोरोना से लडने के लिए हम सभी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है तभी हम फिट इंडिया स्वस्थ इंडिया का सपना साकार कर पाएंगे उन्होंने लोगों से कोरोना के लिए जारी किये गये दिशा निर्देशों को पालना करने का आग्रह भी किया श्रीगंगानगर जिले में ही आज नशा मुक्ति अभियान के तहत साइकिल रैली भी निकाली गई